कोर्ट ने कहा स्थिति नहीं सुधरी तो अगले साल से पढ़ाई होगी बंद

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मित्र टोला सेवक और विद्यालयों में मध्याह भोजन बनाने वाले रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास मित्र के मानदेय में दो हजार पांच सौ रुपये टोला सेवक के मानदेय में दो हजार रुपये और रसोइयों के मानदेय में दो सौ पचास रुपये प्रतिमाह वृद्धि का निर्णय किया है उन्होंने कहा कि यह निर्णय पहली फरवरी दो हजार उन्नीस से लागू कर दिया गया है मानदेय बढ़ाये जाने के बाद विकास मित्र को बारह हजार पांच सौ रूपये शिक्षा सेवक और टोला सेवकों को दस हजार रुपये और विद्यालयों में मध्याह भोजन बनाने वाले रसोइयों को अब प्रतिमाह एक हजार पांच सौ रुपये मिलेंगे प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य के साठ साल के उम्र के सभी बुजुर्गो को प्रतिमाह चार सौ रूपये की पेंशन दी जायेगी कैबिनेट के फैसले के अनुसार पत्रकारों को छह हजार रूपये मासिक पेंशन मिलेगी जबकि फसल बीमा योजना के लिए नौ सौ करोड़ और सड़क निर्माण के लिए सात सौ अटठाईस करोड़ रूपये की मंजूरी दी गयी है उच्चतम न्यायालय ने गया नालंदा और बेतिया के मेडिकल कॉलेजों की बदहाली पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी है कोर्ट ने कहा है कि अगर कॉलेजों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो अगले वर्ष से पढ़ाई रोक दी जायेगी न्यायालय ने कहा कि देश में किसी को भी चिकित्सा और कानूनी शिक्षा का मजाक बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है अगर ऐसा किया जाता है तो संबंधित संस्थानों और लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगभग पांच सौ अधिकारियों का तबादला किया है जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के सत्रह और भारतीय प्रलिस सेवा के अट्ठाईस अधिकारियों समेत बिहार प्रशासनिक सेवा के दो सौ अट्ठाईस और बिहार पुलिस सेवा के दो सौ सोलह अधिकारी शामिल हैं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पीके दास को पटना का सीटी एसपी बनाया गया है जबकि अजय पांडेय को पटना के नये ट्रैफिक एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गयी है स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया सेल वर्ष दो हजार तीस तक पचहत्तर लाख लोगों को रोजगार देगी केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि वर्तमान में स्टील अथॉरिटी पच्चीस लाख लोगों को रोजगार दे रहा है समस्तीपूर जिले में सीबीआई की टीम ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रोसड़ा शाखा के प्रबंधक को बीस हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया प्रबंधक पर ऋण की स्वीकृति देने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है पटना उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों को अपने निजी वाहनों पर पदनाम नहीं लिखने का निर्देश दिया है न्यायालय के महानिबंधक बीबीपाठक ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने निजी वाहनों के नम्बर प्लेट पर पदनाम नहीं लिखे ऐसा पाये जाने पर अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी राजधानी पटना सहित प्रदेश में कड़ी धूप के कारण तापमान में वृद्धि होने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार बाईस फरवरी तक आकाश साफ रहेगा जबकि अधिकतम तापमान तीस डिग्री सेल्सियस को पार करने की आशंका है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राजधानी पटना और उसके आस पास के क्षेत्रों के तापमान में एक डिग्री तक वृद्धि की संभावना है राज्य में चल रही हर घर नल का जल निश्चय योजना के अंतर्गत विद्यालयों आंगनबाड़ियों और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले जलापूर्ति पर शुल्क नहीं लगेगा पंचायत राज विभाग ने जारी एक आदेश में कहा है कि इस योजना के लाभार्थियों को तीस रूपये उपभोक्ता शुल्क लगेगा लेकिन इसे वार्ड सभा कम या ज्यादा कर सकती है हाजीपुर छपरा के बीच बन रही फोरलेन सड़क का निर्माण इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जायेगा पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि राशि की कमी के कारण निर्माण में देरी हो रही थी श्री यादव ने कहा कि इसके साथ ही मुंगेर बेतिया मधेपुरा पूर्णिया भोजपुर सारण और मधुबनी जिले में बन रही बावन किलोमीटर सड़कों का निर्माण भी पूरा कर लिया जायेगा गया जिले में बाराचट्टी थाना क्षेत्र की पुलिस ने तिलैया गांव से एक नक्सली को गिरफ्तार किया है नक्सली आठ सालों से फरार था उससे प्रछताछ की जा रही है वहीं औरंगाबाद जिले में सलैया प्रुलिस ने पशु तस्करी के आरोप में दस लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है गुरु रविदास जयंती आज मनाई जा रही है गुरु रविदास चौदहवीं सदी के संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सुधारकों में से एक थे आज के दिन रविदास के अनुयायी उनके चित्र के साथ भजन कीर्तन करते हुए जुलूस निकालते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बिहार के राज्यपाल लाल जी टंडन तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविदास जयंती के अवसर पर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं कटिहार पटना कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस कल रद्द रहेगी इसके साथ ही झाझा बरौनी मुजफ्फरपुर रेलखंड पर चलने वाली हावड़ा मोकामा पैसेंजर ट्रेन आज रद्द रहेगी जबकि कल मोकामा हावड़ा समस्तीपूर मूजफ्फरपूर मेमू और बरौनी मोकामा मेमू ट्रेन रद्द रहेगी वहीं आज से बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन खगड़िया जंक्शन पर रूकेगी भूवनेश्वर में खेले जा रहे मेंस अंडर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार ने पुड्चेरी को एक सौ दो रनों से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया है कल बिहार का मुकाबला मेघालय से होगा उधर सैय्यद मुश्ताक अली टी टवेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है जिसके कप्तान आशुतोष अमन बनाये गये हैं वहीं कल से बेंग्लूरू में शुरू होने वाली बिहार बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम में पुरूष वर्ग का कमान दीपक प्रकाश रंजन को दी गयी है जबकि महिला वर्ग का नेतृत्व संगीता कुमारी करेंगी महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाईन नम्बर एक सौ बारह पर कॉल कर सहायता मांग सकेंगी इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक एप्प भी विकसित किया है गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज सोलह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में एक साथ इसका उद्घाटन करेंगे रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्ति कांत दास ने कहा है कि ब्याज दर में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाया जायेगा इस मामले पर वह बैंक प्रमुखों के साथ इक्कीस फरवरी को एक बैठक करेंगे पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र से अपराधियों ने स्टेट बैंक की शाखा से तिजोरी काटकर चौतीस लाख रूपये चोरी कर लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है आज के सभी समाचार पत्रों ने पुलवामा में तीन आतंकियों के मारे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है पुलवामा का साजिश कर्ता हलाक दैनिक जागरण की बड़ी खबर है छत्तीस आईएएस आईपीएस के तबादले अजय बने पटना के यातायात एसपी दैनिक भास्कर की सुर्खी है कामरान तमाम इसके साथ अखबार ने दारोगा बहाली मामले में हाईकोर्ट एक मार्च को सुनायेगा फैसले को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर लिखता है अब सात प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा पायेंगे प्राइवेट स्कूल और अब अंत में मुख्य समाचार विकास मित्र टोला सेवक और रसोइयों के मानदेय में हुई वृद्धि

कोर्ट ने कहा स्थिति नहीं सुधरी तो अगले साल से पढ़ाई होगी बंद